नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान आज उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मंडी जिले के नागचला में किए गए सर्वेक्षण में यहां तीन हजार चार सौ बीघा से अधिक ज़मीन को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त पाया है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मॉनसून के दौरान भारी बारिश से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी और मुआवजे के तौर पर अंतरिम राहत पैकेज की मांग भी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शाम नई दिल्ली में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपीनड्डा से भेंट की उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत करवाया जेटली पेट्रोल डीजल केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर ढाई रुपये की कटौती करने की घोषणा की है इसमें से प्रति लीटर एक रुपये तेल कंपनियां वहन करेंगी

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत और अमरीका के घरेलू घटनाक्रम ने विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है

भारत के घरेलू संकेतक काफी मजबूत और स्थिर हैं राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए रचनात्मक व सकारात्मक सोच जरूरी है और इस दिशा में जिम्मेवार लोगों के प्रयास महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं वे आज शिमला के समीप नालदेहरा में प्रदेश कारागार व सुधारक सेवाएं द्वारा हिरासत में महिलाओं और न्याय तक पहुंच विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे राज्यपाल ने कैदियों में सकारात्मक सोच के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पर बल दिया ताकि वे अपने जीवन में गलत काम करने की विचार धारा से बाहर आकर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें आचार्य देवव्रत ने कारागार व सुधारक सेवाएं विभाग के महानिदेशक सोमेश गोयल द्वारा कैदियों के लिए शिक्षात्मक परियोजनाओं की पहल किए जाने के प्रयासों की सराहना भी की इस अवसर पर मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार कैदियों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि वे सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकें उन्होंने कैदियों से सकारात्मक व्यवहार के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जरूरत बताई महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कृषि वैज्ञानिकों और सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों से पर्वतीय क्षेत्रों में सत्त विकास के साथ बेहतर कृषि जलवायु परिवर्तन और अच्छी उपज पर गहन चिंतन करने का आहवान किया है सोलन जिले के एक निजी विश्वविद्यालय में सत्त पर्वतीय विकास सम्मेलन का शुभारंभ करने के बाद कल उन्होंने ये बात कही महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में विविध जलवायुगत परिस्थितियों व बदलते उत्पादक क्षेत्रों के अनुसार कृषकों और बागवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिमाचल को जैविक राज्य बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे राज्यपाल आचार्य देवव्रत कल राजभवन में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे इसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत के सम्मान में उच्च न्यायालय में फुल कोर्ट रैफरेंस का आयोजन भी किया जाएगा शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने देश में समरसता की कमी को एक बड़ा खतरा बताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से इस दिशा में आगे आने का आह्वान किया है वे आज पालमपुर में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के अभ्यास वर्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे शांता कुमार ने कहा कि राष्ट्र के सर्वागिण विकास के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक बहुत बड़ी कड़ी है इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे